रिजर्व बैंक ने ट्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपोरेट में पच्चीस आधार अंकों की कमी की

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल रात आई आंधी बारिश और ओलावृष्टि से बारह से अधिक लोगों की मौत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश क्मार ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी जो पाकिस्तान की तरफ से हमने रिपोर्ट सुने हैं देखे हैं कि काफी कुछ किया जा रहा था लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो वो स्टेप्स कर रहे हैं हमारी जो डिमांड है कि वो इररिवेसिबल है या नहीं और ये जो स्टेप्स हो रहा है वो सिर्फ दिखावा के लिए है या जेनवेन एक एक्शन है टेररिज्म के खिलाफ और उनके जो देश में टेरर इन्फ्रास्टेक्वर है जो वहां पर लोग खुलेआम घूम रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने लायक है या नहीं प्रधानमंत्री इस महीने की तेरह और चौदह तारीख को बिशकेक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को मालदीव की दो दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री पद फिर से संमालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी कल नई दिल्ली में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि यह यात्रा भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान के जरिए द्विपक्षीय संबंधों में आयी नयी तेजी को दर्शाती है प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा तीन प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है पहला पड़ोसी देशों के साथ उच्चस्तरीय संबंध बरकरार रखना दूसरा मालदीव को विकास में भागीदार के रूप में उसके आर्थिक विकास की गति में वृद्वि के लिए सहायता उपलब्ध कराना और तीसरा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत करना है प्रधानमंत्री श्री मोदी का इस महीने की नौ तारीख को श्रीलंका के दौरे का भी कार्यक्रम है विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री की मालदीव और श्रीलंका की यात्रा से अपने पड़ोसियों को तरजीह देने और क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और विकास के सिद्वांत के प्रति भारत की वचनबद्वता का पता चलता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग के प्नर्गठन की मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष और राजीव क्मार उपाध्यक्ष होंगे एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि वी के सारस्वत रमेश चन्द और डॉक्टर वी के पॉल आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर नीति आयोग के पदेन सदस्य होंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंदरजीत सिंह आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में पच्चीस आधार अंकों की कमी की है अब रेपो दर पांच दशमलव सात पांच प्रतिशत हो गई है पहले यह छह प्रतिशत थी इस तरह रिवर्स रेपो दर साढे पांच प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसेलिटी एमएसएफ और बैंक दर छह प्रतिशत कर दी गई है बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति के इन फैसलों का उद्देश्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में चार प्रतिशत वृद्दि को दो प्रतिशत अधिक या कम रखने का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करना है डिजीटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने आर टी जी एस और एन ई एफ टी पर लगने वाला शुल्क हटाने का फैसला किया है औद्योगिक संगठनों ने रिजर्व बैंक के रेपो रेट में पच्चीस आधारिक अंकों की कटौती करने के फैसले का स्वागत किया है भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि इस कटौती से बैंक खुदरा और कार्परेट दोनो क्षेत्रों के लिए ब्याज दरों में कमी कर सकेंगे दि एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष बी के गोयनका ने कहा है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से आर्थिक विकास तेज होगा और व्यापारिक माहौल सुधरेगा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य अर्थशास्त्री एसपी शर्मा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया

कल नई दिल्ली में मंत्रालय की समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण पर भी जोर दिया

मुंबई में फिल्म प्रभाग परिसर में पौधा रोपने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में देश के वन क्षेत्र में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और सरकार चाहती है कि आने वाले समय में भी वन क्षेत्र का इसी तरह विस्तार हो अपनी जिंदगी में जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं उसके लिए कम से कम दस पेड़ लगाने भी चाहिए बढ़ाने भी चाहिए तो हम देश के प्रति पर्यावरण के प्रति अपनी डयूटी निमाते हैं और इसलिए लक्ष्य बड़ा है आने वाले पांच साल भारत का फोरेस्ट कवर पिछले पांच साल में एक प्रसेंट से बढ़ा है इस बार भी ऐसी ही तरक्की करेंगे इसके लिए हम प्रयास करेंगे पूरा प्रदेश में लू का प्रकोप जारी है और राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है कल झांसी सैंतालिस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा वहीं बांदा में छियालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्क हवा और बढ़ते पारे ने राज्य में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है उधर बीती रात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज अंधी बारिश और ओलावृष्टि से बारह से अधिक लोगों की मौत हो गयी

इस आंधी बारिश और ओलावृष्टि से आम और लीची एवं सब्जियों की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से ओलावृष्टि और तूफान ने एटा मैनपुरी कासगंज बदायू मुरादाबाद पीलीमीत फर्रुखाबाद महोबा और आसपास के जनपदों में बीती रात भारी नुकसान किया

हरदोई के बिलग्राम रोड पर ग्राम सदरपुर के पास एक ट्रैक्टर ट्राली और मिनी ट्रक की आमने सामने हुई टक्कर में ट्राली पलटने से उस पर सवार छह लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और अट्ठाईस लोग घायल हो गये घायलों को हरदोई जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है एक घायल व्यक्ति की हालत गंभीर होने से उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस द्र्घटना पर दृःख व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देने के लिये जिलाधिकारी को निर्देश दिया है दूसरी दुर्घटना शाहजहांपुर के खुटार में हुई जहां पूरनपुर रोड पर सिहुरा गांव के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई जिससे दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई इसके अतिरिक्त चौबीस यात्री घायल हो गये जिनमें पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को शाहजहांपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है